बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से हो रहा है शुरू

शिकायत निवारण नियमावली में किया गया संशोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में दिमागी बुखार से हो रही बच्चों की मौत को दुःखद और शर्मनाक बताते हुये कहा है कि यह हमारी बड़ी विफलता है उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर इन इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि वे इस संबंध में बिहार सरकार के साथ लगातार सम्पर्क में हैं प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे

मुजफ्फरपुर में दिगामी ब्रखार से प्रभावित इलाकों का व्रहद सर्वे करवाया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया श्री कुमार ने बताया कि जिले के सबसे अधिक प्रभावित मीनापुर कांटी बोचहा मुसहरी और पारू प्रखंडों में सोमवार से एक बार फिर सर्वे करवाया जायेगा उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर काम किया जायेगा बैठक में प्रारंभिक सर्वे की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिमागी ब्रखार से मरने वाले बच्चों में अधिकतर गरीब परिवार के हैं कच्चे मकानों में रहते हैं और उनमें स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव है सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि जो बच्चे मरे हैं उनमें से लगभग तीस प्रतिशत परिवार के पास राशनकार्ड भी नहीं है इधर एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ नब्बे हो गयी है कल मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल पटना के पीएमसीएच और नवादा में एक एक बच्चे की मौत की खबर है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि विभागीय वैज्ञानिकों द्वारा की गयी जांच में यह बात स्पष्ट हो गया है कि संदिग्ध दिमागी ब्रुखार का लीची से कोई संबंध नहीं है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र की जांच में यह बात प्रमाणित हुई है कि लीची में कोई ऐसा तत्व नहीं है जिससे दिमागी ब्रुखार होता हो उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में इकतीस लोगों की मौत हो गयी जबकि ग्यारह अन्य घायल हो गये भागलपुर में छह बेगूसराय में पांच सहरसा और पूर्णियां में तीन तीन अररिया जमुई तथा दरभंगा में दो दो और मधेप्रा खगड़िया कटिहार मधुबनी पूर्वी चम्पारण शिवहर नवादा तथा गया में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वजपात से हुई मौतों पर गहरी संवेदना जताते हुये जिला प्रशासन से मृतकों के निकटतम आश्रितों को तत्काल चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है उन्होंने घायलों का निःशुल्क इलाज करवाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों से हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है खास कर उत्तरी और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है आज सुबह से पटना सहित दक्षिण बिहार के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है इधर मौसम विभाग ने कहा है कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और हल्की ब्रंदाबांदी की सम्भावना बनी हुई है विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान पटना और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जतायी है इस दौरान कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है राज्य सरकार के कर्मियों की शिकायतों का निपटारा अब साठ दिनों में हो जायेगा मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में संशोधित शिकायत निवारण नियमावली का शुभारंभ करते हुये कहा कि नई प्रणाली से लगभग साढ़े सात लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी लाभान्वित होंगे श्री कुमार ने इस अवसर पर सेवा समाधान वेब पोटर्ल का भी लोकापर्ण किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार तीस जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे केन्द्र में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की यह पहली कड़ी होगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से अपील की है कि मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें बाईट मन की बात दुनिया का एक अनोखा कार्यक्रम है क्योंकि शायद ही कोई प्रधानमंत्री हर महीने हर परिवार के एक दोस्त और हितेषी के नाते सभी लोगों से संवाद करते हैं

बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है छब्बीस जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल इक्कीस बैठकें होंगी सत्र के काफी हंगामेदार रहने की सम्भावना है राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्व ने कहा है कि दिमागी बुखार से बच्चों की हुई मौत नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बिहार की खराब रैंकिंग और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी इन मुद्दों पर जवाब देने की तैयारी की गयी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों से सहयोग का अन्रोध किया है विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने परिषद के सत्र संचालन को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील की है इधर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्षी दलों से आग्रह किया है कि वे सदन के संचालन में सकारात्मक सहयोग दें भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको को सलाह दी है कि वे तत्काल अपनी सभी शाखाओं को निर्देश दें कि वे सभी मूल्य वाले सिक्कों को स्वीकार करें रिजर्व बैंक को शिकायतें मिली थी कि विभिन्न बैंको की शाखाएं सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रही है वर्ष दो हजार ग्यारह में हुये शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी में उत्तीर्ण अभ्यथियों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी गयी है शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ओबरा थाना के एक मुफस्सिल थाना के पांच और नगर थाना के दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है मुंगेर जिले के खैरा थाना क्षेत्र के हरणी जमनपुरा गांव से पुलिस ने एक नक्सली और उसके एक साथी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर बने पीपापुल पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुये यह फैसला किया गया है भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र अन्तर्गत केशवा मोड़ के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी से हथियार के बल पर तीन लाख अठाईस हजार रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार में दिमागी बुखार से बच्चों की हुई मौत पर राज्यसभा में दिया गया बयान आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है चमकी बुखार सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मोदी दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है बिहार में एईएस से बच्चों की हुई मौत हमारे लिए शर्मनाक दैनिक भास्कर की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट में नया रोस्टर अब पांच सीनियर जज सुनेंगे जनहित याचिकाएं प्रभात खबर लिखता है कल से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज और राष्ट्रीय सहारा ने पटना के अगमकुआं में तीन बच्चों की कार से कुचल कर हुई मौत और उसके बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा एक युवक की पीट पीट कर हुई हत्या को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से हो रहा है शुरू

शिकायत निवारण नियमावली में किया गया संशोधन